प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने के लिए विधेयक लाया गया है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि सबके लिए रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के अधिकारों के लिए भी काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कमजोर वर्गों की आवाज का काम किया है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं से गरीब परिवारों के जीवनस्तर में सुधार हुआ है श्री यादव आज औरंगाबाद के अटल सभागार में आठ संसदीय क्षेत्रों के संचालन समिति और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना सौभाग्य योजना और आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को गरीबों के हित में लागू किया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए हर बूथ पर समाज के सभी वर्गों से पचास लोगों को जोड़ने का आहवान किया आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति और संगठन की मजबूती को लेकर आयोजित इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री प्रेम कुमार सांसद सुशील कुमार सिंह हरि मांझी छेदी पासवान के अलावा कई विधायकों विधान पार्षदों ने भाग लिया केंद्र सरकार ने मीटू अभियान के जरिये सामने आ रहे यौन दुर्व्यवहार के मुद्दों की जांच के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि यह समिति कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना के मामलों से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रक्रिया को देखेंगी तथा पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने के सुझाव देगी हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर मीटू अभियान के तहत महिलाएं अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार की कहानियां साझा कर रही हैं जिसमें कई नामचीन हस्तियों के नाम भी सामने आये हैं

इस भवन का नाम देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सरदार पटेल भवन रखा गया है लगभग चौवन सौ वर्गमीटर में बना यह भवन अत्याधुनिक भूकंपरोधी तकनीक से बनाया गया है बिहार का यह पहला भवन है जिसमें बेस आइसोलेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है इस तकनीक की खासियत है कि यदि रिक्टर पैमाने पर नौ की तीव्रता का भी भूकंप आता है तो भवन को कोई क्षति नहीं होगी साथ ही पुलिस मुख्यालय भवन में दस दिनों के पावर बैकअप और सौर ऊर्जा की व्यवस्था है लगभग साढ़े चार सौ वाहनों की अंडर ग्राउंड पार्किंग और भवन की छत पर हेलिपैड का निर्माण करवाया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस को अत्याधुनिक बनाने पर लगातार काम कर रही है श्री कुमार ने कहा कि इस नये भवन के बन जाने से किसी भी आपातकालीन स्थिति में कार्यवाही में पुलिस को सुविधा होगी समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए हरेक थाने में एक सौ साइबर सेनानी की तैनाती की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले के राजगीर में खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण कार्य की शुरूआत की छह सौ तैंतीस करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण नब्बे एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है स्टेडियम में चालीस प्रकार के इंडोर और आउटडोर गेम आयोजित किये जा सकेंगे इसकी क्षमता पैंतालीस हजार दर्शकों की होगी भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही तीस हजार अमीन और राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी आज पटना में भाजपा के एक कार्यक्रम में श्री मंडल ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय के डाटाबेस को सभी अंचल कार्यालय के डाटाबेस से जोड़ा जा रहा है इस काम के पूरा हो जाने से भूमि विवाद से जुड़े मामलों में काफी कमी आयेगी पूर्व मध्य रेलवे के भभूआ स्टेशन के पास आज शाम हावड़ा लालकूआं सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर कम से कम चार लोगों के मारे जाने की आशंका है ट्रेन हावड़ा से उत्तराखंड के लालकुआं जा रही थी इस हादसे के बाद वाराणसी रांची एक्सप्रेस सहित कुछ अन्य ट्रेनों का परिचालन कुछ देर के लिए बाधित रहा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान तितली के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी हिस्सों और सीमांचल के इलाकों में आज रूक रूककर बारिश हुई अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंगेर और खगड़िया जिले में कुछ स्थानों पर सोलह से बीस सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है इधर पटना और आसपास के जिलों में दिन भर आसमान में बादल छाये रहे बेगूसराय और जमुई में कई स्थानों पर सुबह हल्की बारिश हुई मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है इस दौरान हवा की रफ्तार पंद्रह से बीस किलोमीटर प्रतिघंटे रहने की संभावना है कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश होने से धान की फसल को लाभ होगा और आगामी रबी फसल की बुआई करने में किसानों को आसानी होगी इधर समुद्री तूफान का असर ओड़िशा और आंध्रप्रदेश के तटवर्ती इलाकों में कमजोर होता जा रहा है प्रदेश में बेटी पढाओ बेटी बचाओ योजना के तहत चलाये जा रहे जागरुकता कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है लोग सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक और डाकघरों में खाते खुलवा रहे है ताकि उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके

आकाशवाणी समाचार के लिए खगडिया से प्रभात सुमन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आज पटना में पोषण अभियान पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान ब्यूरो के कलाकारों और रंगकर्मियों को पोषण को एक आंदोलन के रूप में चलाने और इसके बारे में जनजागरूकता का प्रशिक्षण दिया गया इस अवसर पर पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसकेमालवीय लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार पीआईबी पटना के निदेशक दिनेश कुमार जानेमाने रंगकर्मी कुणाल यूनिसेफ के पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों गर्भवती महिलाओं और माताओं के पोषणस्तर में सुधार लाना है भोजपुर जिले में काम में लापरवाही बरतने के मामले में मनरेगा कार्यक्रम के सात कार्यक्रम पदाधिकारियों और पंचायत रोजगार सेवकों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने सुप्पी प्रखंड की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सरकारी आदेश की अवमानना के आरोप में निलंबित कर दिया है वहीं कार्यालय के एक लिपिक को भी निलंबित किया गया है वैशाली जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हाजीपुर में मुख्य समारोह का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सिरूकाही में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी से अड़सठ हजार रूपये लूट लिये खगड़िया के गोगरी थाना में पदस्थापित दारोगा मकरू हेम्ब्रम का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी के आदेश पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है बेगूसराय सीतामढ़ी जमुई शिवहर और रोहतास जिले में आज एक दिवसीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें किसानों को आगामी रबी फसल की तैयारियों को लेकर जानकारियां दी गयी